लोकसभा सत्र नव निर्वाचित लोकसभा का पहला सत्र आज सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुआ अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार ने नव निर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाई सबसे पहले प्रधानमंत्री तथा सदन के नेता नरेन्द्र मोदी ने शपथ ग्रहण की लोकसभा के महासचिव ने जैसे ही शपथ के लिए प्रधानमंत्री का नाम पुकारा एनडीए सदस्यों ने मेजें थपथपाई और मोदी मोदी के नारे लगाए प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण किया इनमें राजनाथ सिंह अमित शाह नितिन गडकरी डीवी सदानन्द गौड़ा हरसिमरत कौर बादल रविशंकर प्रसाद संतोष गंगवार और स्मृति ईरानी शामिल हैं डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीपद नायक और अश्विनी चौबे ने संस्कृत में शपथ ली छत्तीसगढ़ के नव निर्वाचित सांसदों ने भी आज शपथ ली प्रधानमंत्रत्री संसद सत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि संसद के इस सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दल चर्चा में भाग लेंगे सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को अपनी संख्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है उन्होंने आशा व्यक्त की कि विपक्ष सदन में अपनी राय रखेगा और कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेगा श्री मोदी ने सांसदों का स्वागत करते हुए कहा कि सदस्यों को मुद्दों पर निष्पक्ष तरीके से सोचना चाहिए और देश के व्यापक हित में काम करना चाहिए जब हम एमपी के रूप में बैठते हैं तब पक्ष विपक्ष से ज्यादा निष्पक्ष का स्प्रिट बहुत महत्व रखता है और मुझे विश्वास है कि पक्ष और विपक्ष के दायरे में बंटने की बजाए निष्पक्ष भाव से जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए हम आने वाले पांच साल की इस सदन की गरिमा को ऊपर उठाने में प्रयास करें डॉक्टर हड़ताल चिकित्सकों के देशव्यापी हड़ताल के आव्हान का असर आज छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला यहां सभी प्रमुख शहरों में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया और रैलियां निकाली पश्चिम बंगाल में डॉक्टर से हुई मारपीट के विरोध में देशभर के चिकित्सक आज हड़ताल पर हैं राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल से भी चिकित्सकों ने एक रैली निकाली और राजभवन के लिए रवाना हुए लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने उन्हें अम्बेडकर चौक के पास ही रोक दिया जहां डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की आईएमए ने आज सुबह छह बजे से कल सुबह छह बजे तक यानी चौबीस घंटे ओपीडी बंद रखने का ऐलान किया है हालांकि आईसीयू और आपातकालीन सेवा को इससे अलग रखा गया है चिकित्सकों का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई कर गिरफ्तारी नहीं होगी और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अधिनियम नहीं बनाया जाता है तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा मुख्यमंत्री दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा और बिलासपुर जिले के दौरे पर हैं इस दौरान मुख्यमंत्री अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए आज शाम श्री बघेल ने बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में नौवीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरूष राष्ट्रीय प्रतियोगिता और एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का उद्घाटन किया इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गांव गांव तक हॉकी के खेल को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी श्री बघेल ने कहा कि राज्य में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी आज से शुरू हुई राष्ट्रीय स्तर की इस स्पर्धा में देशभर की बीस से अधिक टीमें भाग ले रही हैं

इस मौके पर राज्य सरकार के मंत्रियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी रायपुर में मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि नरवा गरूवा घुरूवा और बाड़ी सरकार के विकास का आधार है इस प्रेसवार्ता में मंत्री अनिला भेंडिया और रविन्द्र चौबे भी उपस्थित थे भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी किसानों की समस्याओं खाद बीज की आपूर्ति और कथित रूप से सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में बाईस जून को राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेगी यह निर्णय कल रायपुर में हुई भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लिया गया इस बैठक का शुभारंभ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने किया उन्होंने कहा कि कर्जमाफी शराबबंदी और बिजली कटौती जैसे मुद्दों को लेकर जन आक्रोश है आम लोगों के हित में पार्टी की ओर से बाईस जून को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा

मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना किरंदुल थाना क्षेत्र की है बताया जाता है कि मृतक मंगल मिलिशिया प्लाटून कमांडर था और उस पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था माओवादियों को उस पर पुलिस की मुखबिरी करने का शक था घटना से पहले माओवादी मंगल सहित तीन लोगों को जंगल में ले गए थे जहां माओवादियों ने मंगल की हत्या कर दी वहीं दो अन्य लोगों से मारपीट की सुकमा दंतेवाड़ा सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित किस्टारम इलाके का आज जिला कलेक्टर चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने दौरा किया इन अधिकारियों ने स्कूल आश्रम छात्रावास अस्पताल और राशन द्कान का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी वहीं दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ सुरक्षा बलों को आदिवासियों की संस्कृति से परिचित कराने के लिए गोण्डी बोली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कार्यक्रम के पहले चरण में पचास जवानों को गोण्डी बोली सिखाई जा रही है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव भी शामिल हुए हज यात्री प्रशिक्षण प्रदेश के हज यात्रियों के लिए रायपुर में कल प्रशिक्षण कार्यक्रम और हज प्रशिक्षण किट वितरण शिविर लगाया गया इसका आयोजन राज्य हज कमेटी द्वारा किया गया इसमें रायपुर महासमुन्द बलौदाबाजार गरियाबंद दुर्ग राजनांदगांव कबीरधाम बेमेतरा और धमतरी जिले से चुने गए हज यात्री शामिल हुए दुर्घटना दर्ग जिले में पुलगांव नाला के पास बीती रात ट्रक की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई वहीं कोंडागांव जिले के बनिया गांव के पास एक वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से पंद्रह से अधिक लोग घायल हो गए हैं इनमें से छह की हालत गंभीर बनी हुई है कबीर जयंती संत कबीर की जयंती पर आज प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर उनके विचारों और आदर्शों को याद किया गया राजधानी रायपुर सहित विभिन्न जिलों में शोभायात्राएं निकाली गईं और प्रसादी वितरण किया गया इसके अलावा जगह जगह भजन सत्संग और प्रवचन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सुबह रायपुर स्थित अपने निवास से कबीर पंथी जुलूस और मोटरसाइकिल रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया रायपुर के शहीद स्मारक भवन में आयोजित कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में कबीर पंथी समुदाय के लोग शामिल हुए आज शाम राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में कबीर गायन का आयोजन किया गया है इस अवसर पर पदमश्री प्रहलाद टीपान्या गायन प्रस्तुत करेंगे मौसम प्रदेशवासियों को मानसून के आगमन के लिए लगभग और एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है मानसून के पच्चीस जून के आसपास बस्तर में दस्तक देने के आसार हैं इस तरह इस वर्ष मानसून छत्तीसगढ़ में लगभग पंद्रह दिनों की देरी से पहुंचेगा हालांकि राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर नमी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है जिससे लोगों को गर्मी और लू की स्थिति से राहत मिली है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर अंधड़ चल सकता है साथ ही अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है मानसून अभी दक्षिणी प्रायद्वीप के ऊपर और पूर्वोत्तर तक ही पहुंच सका है मानसून की इस धीमी रफ्तार की वजह से मौसम विभाग ने बारिश में तिरालीस प्रतिशत तक की कमी होने की आशंका जताई है मुख्यमंत्री खुमान साव छत्तीसगढ़ी लोक कला और संगीत के जनक स्वर्गीय खुमान साव की स्मृति में हर वर्ष समारोह का आयोजन किया जाएगा साथ ही कला के क्षेत्र में उनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाएगा इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीती रात राजधानी रायपुर में आयोजित सुरता खुमान साव के कार्यक्रम में की इस अवसर पर उन्होंने श्री साव की स्मृति को चिर स्थायी बनाये रखने के लिए उनकी मूर्ति स्थापित करने की घोषणा भी की किक बॉक्सिंग छठवीं राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता रायगढ़ में आयोजित की गई राज्य किक बॉक्सिंग ऐसासिएशन और रायगढ़ जिला किक बॉक्सिंग संघ के सहयोग से आयोजित इस स्पर्धा में साढ़े तीन सौ से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हुए प्रतियोगिता में कोरबा की टीम प्रथम स्थान पर बलौदाबाजार दूसरे स्थान पर और दुर्ग की टीम तीसरे स्थान पर रही समापन कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया